झारखंड में कोराना वायरस से संक्रमित दूसरा मामला सामने आया है दूसरा मरीज हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड का रहने वाला है

वहीं दूसरी तरफ रांची के हिन्दपीढ़ी में कल कोराना के संदिग्धों का पता लगाने के लिए पहुंची स्वास्थ्यकर्मियों की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार हिन्दपीढ़ी में षिविर लगाकर लोगों की जांच कराने पर विचार कर रही है ताकि स्वास्थ्यकर्मियों को लोगों के घर घर नहीं जाना पड़े मुख्यमंत्री ने हिन्दपीढ़ी के लोगों से अपील की है कि वे जांच में प्रषासन का सहयोग करें क्योंकि यह जांच उनकी सुरक्षा के लिए की जा रही है मुख्यमंत्री ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से वीडियो कांफ्रेसिंग करने के बाद मीडिया के लोगों से बातचीत के दौरान ये बाते कहीं रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे और एसएसपी अनीश गुप्ता ने कल राजकीय अतिथिशाला में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया उपायुक्त ने बताया कि रांची के हिन्दपीढ़ी से मिली मलेषिया की महिला सिमटोमैटिक कोरोना पॉजिटिव है इस महिला की जांच रिम्स में कराई गई है और आईसीएमआर पूणे से इसकी पूष्टि की गई है उन्होंने कहा कि महिला कोरोना से संक्रमित है इसमें कोई शक नहीं यह महिला एक सौ सात लोगों के संपर्क में आई थी उन्होंने बताया कि खेलगांव स्थित क्वॉरेंटीन सेंटर में कोई असुविधा नहीं है उपायुक्त ने बताया की पैसे देकर प्राइवेट होटल जैसी सुविधा भी प्राप्त की जा सकती है

इसके बाद आगे की स्थिति की भी जानकारी दी जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरीय पुलिस अधीक्षक अनीश गुप्ता ने लोगों से एक बार फिर सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने की अपील की उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम सोशल मीडिया पर पैनी नजर रख रही है साहिबगंज जिले के बरहड़वा में पटना से लौटे चार मजदूरों को बरहड़वा में क्वारेंटिन किया गया है उपायुक्त वरूण रंजन ने बताया कि कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए जिले के बड़े और छोटे अस्पतालों एवं नर्सिंग होम का जायजा लिया गया है

ये लोग पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं झारखंड में कोरोना से संक्रमित दो मरीज मिलने के बाद धनबाद जिले में एहतियाती कदम उठाये जा रहे हैं

इससे पहले राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को भेजे पत्र में राज्य में लक्ष्य के अनुरूप किसानों से धान की खरीद नहीं हो पाने की जानकारी दी थी इसके साथ ही धान की खरीददारी पूरा करने के लिए अवधि बढ़ाने की मांग की थी इस वर्ष राज्य सरकार ने तीन लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था इसकी तुलना में दो लाख छत्तीस हजार टन धान की खरीददारी हई है अभी तक धान की सबसे अधिक खरीददारी पूर्वी सिंहभूम जिले में हई है इसके अलावा कोडरमा बोकारो और जामताड़ा में भी धान की खरीददारी लक्ष्य से नब्बे प्रतिषत से अधिक हुई है धान खरीददारी की सबसे खराब स्थिति गढ़वा जिले की है राज्य के आठ जिलों में पचास फीसदी से कम धान खरीदा गया है इन जिलों में लातेहार पलामू रामगढ़ खूंटी गोड्डा पाकुड़ और चतरा शामिल हैं

केन्द्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि महामारी से निपटने के लिए दवाइयों की कोई कमी नहीं है

उन्होंने राज्यों से आयुष डॉक्टरों पारा मेडिकल स्टाफ एनसीसी और एनएसएस स्वयंसेवकों की मदद लेने को कहा इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राज्यों से जिला स्तर पर संकट प्रबंधन समूह स्थापित करने और जिला निगरानी अधिकारियों की नियुक्ति की भी बात की प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्यों में फसलों की कटाई के दौरान लॉकडाउन से कुछ राहत देने को कहा उन्होंने राज्यों से अनाज की खरीद के लिए ए पी एम सी के अलावा अन्य प्लेटफार्म भी तलाषने को कहा उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को राषि उपलब्ध कराने का निर्देष दिया इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री के कार्यो की सराहना की और उनके दिये गये निर्देषों का राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का भरोसा दिया

प्रधानमंत्री ने कहा कि देष एक होकर कोरोना की वजह से आए संकट से निपट सकता है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में अकेले हैं लेकिन एक सौ तीस करोड़ देषवासियों की सामुहिक शक्ति उनके साथ है उन्होंने गरीबों को इस संकट से निकालने का संकल्प दोहराया राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज राष्ट्रपति भवन से राज्यपालों उपराज्यपाल और राज्यों के प्रशासकों के साथ वीडियो सम्मेलन करेंगे

यह राज्यपालों उपराज्यपाल और प्रशासकों के साथ दूसरा वीडियो सम्मेलन होगा इससे पहले सताइस मार्च को आयोजित पहले वीडियो सम्मेलन में चौदह राज्यों के राज्यपालों और दिल्ली के उप राज्यपाल ने अनुभव साझा किये थे जबकि बाकी बचे राज्यपाल और उप राज्यपाल अपनी बात रखेंगे

लॉकडाउन की अवधि के दौरान समाप्त हो रही सभी स्वास्थ्य और थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम के भुगतान की अंतिम तारीख इक्कीस अप्रैल तक बढ़ा दी गयी है वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कल यह घोषणा की

षिक्षामंत्री जगरनाथ महतो ने एक बार फिर राज्य के निजी स्कूलों के प्रबंधन से ऑनलाइन फीस जमा करने का दबाव नहीं डालने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि कुछ अभिभावकों ने उनसे षिकायत की थी कि स्कूल प्रबंधन फीस के लिए अड़े हैं श्री महतो ने कहा कि मानवता के आधार पर स्कूल प्रबंधन इस मामले पर विचार करे लॉकडाउन के बाद इस मामले पर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विर्मष किया जायेगा कोरोना वायरस के कारण देषभर में लॉकडाउन की घोषणा की वजह से सीबीएसई परीक्षाएं टाल दी गयी थीं

इस संबंध में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेष पोखरियाल निषंक ने ट्वीट किया है उन्होंने कहा कि स्थितियां अनुकूल होने पर ही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी

इंटक के राष्ट्रीय सचिव तथा खाद्य आपूर्ति विभाग के मजदूर संघ के प्रदेष अध्यक्ष ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेषवर उरांव और श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के आष्वासन पर हड़ताल स्थगित की गयी है जानकारी हो कि मजदूर संघ ने मजदूरी बढ़ाने और ईपीएफ का लाभ देने की मांग को लेकर आंदोलन करने की घोषणा की थी

इस ऐप का उपयोग करके लोग कोरोना संक्रमण की आशंका का आकलन कर सकते हैं ब्लूटूथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स से चलने वाला यह ऐप अन्य लोगों के साथ संपर्क के आधार पर ऐसे संक्रमण का अनुमान लगायेगा

इस ऐप में निजता का ध्यान रखा गया है और इसमें संग्रहित व्यक्तिगत सूचना कूटबद्ध कर दी जाती है

यह ऐप देश की युवा प्रतिभा का एक अनूठा उदाहरण है द्रसंचार विभाग और सी डॉट ने द्रसंचार सेवा प्रदाताओं के सहयोग से ऐसा एप्लीकेशन विकसित किया है जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संगरोध से अन्य स्थान जाने पर स्वतः ईमेल या एसएमएस भेज सकता है इसे कोविड क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम का नाम दिया गया है